चारधाम राजमार्ग केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय राजमार्गो और चारधाम ऑलवेदर रोड परियोजना की समीक्षा की उन्होंने अगले वर्ष हरिद्वार में होने वाले महाकृभ से पहले हरिद्वार मुजफ्फरनगर और हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिये उन्होंने कैलाश मानसरोवर मार्ग को भी जल्द पूरा करने को कहा है श्री गडकरी ने औली को विशेष रूप से विकसित करने पर भी जोर दिया उन्होंने कहा कि पर्यटन के लिहाज से औली स्विट्जरलैंड से कम नहीं इसलिए इसको विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जाए उन्होंने चारधाम परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिये साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सांसद अजट भट्ट तीरथ सिहं रावत और अजय टम्टा के अलावा अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश भी उपस्थित थे

इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी

इससे आपदा प्रबंधन में सुधार आएगा

इस सॉफ्टवेयर की सहायता से राज्य के पेंशनर देश या विदेश कहीं से भी अपना ई जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करा सकेंगे ई जीवन प्रमाण पत्र को सीएससी केन्द्र से भरा जा सकेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल ई जीवन प्रमाण पत्र के लिए लाखों लोगों को परेशान होना पड़ता है इस सेवा के शुरू होने से प्रदेश के द्रस्थ क्षेत्रों के लोगों को ट्रेजरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वे पास के सीएससी केन्द्र से अपना ई जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करा सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों के वृद्ध और अक्षम लोगों को सीएससी तक ना आना पड़े इसके लिए ई जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की व्यवस्था भी की जा सकती है

आज से शुरू हुई दो दिवसीय कार्यशाला में उत्तर भारत के इंजीनियर शिक्षाविद् विद्यार्थी सलाहकार और पेशा विशेषज्ञ हाईवे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने विचारों और परिकल्पनाओं का आदान प्रदान करेंगे कार्यशाला का उद्देश्य हाईवे इंजीनियरों पेशेवरों और विद्यार्थियों को गुणवत्ता नियंत्रण नई सामग्री तकनीक मशीनरी और आधुनिक रुझान को लेकर अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान देना है आईआईटी रुड़की के उप निदेशक प्रो एम परीदा ने कहा कि यह कार्यशाला सड़क निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण वैकल्पिक सामग्रियों के उपयोग उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रयोग जैसे सभी पहलुओं को आपस में जोड़ने की दिशा में सहज प्रयास है

इसका उद्घाटन करते हुए प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि एनएसडी ने नाट्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है जिसे वह देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता रहा है इस महोत्सव के साथ ही श्री सतपाल महाराज ने संस्कृति निदेशालय के दीपनगर स्थित प्रेक्षागृह का उद्घाटन भी किया टिहरी महोत्सव देहरादून जिले में टिहरी विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला में तीन दिवसीय टिहरी महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विकास के लिए टिहरी भले ही आज नए रूप में हमारे सामने है लेकिन पुराने टिहरी शहर और उसकी संस्कृति को कभी भुलाया नहीं जा सकता है झील में समा चुकी टिहरी की यादों को संजोय रखने के लिए हर वर्ष टिहरी विस्थापित क्षेत्र अद्रवाला में एक थी टिहरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है इस अवसर पर टिहरी की यादों को जीवित रखने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई

आज असम के कोकराझार में बोडो समझौते के बाद आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह समझौता समूचे पूर्वोत्तर के लिए एक नई शुरूआत है श्री मोदी ने कहा कि इस समझौते से असम भी सशक्त होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी और मजबूत होगी प्रधानमंत्री के साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानन्द सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी इस अवसर पर उपस्थित थे

इस समझौते का उद्देश्य असम के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक बोडो समुदाय को राजनीतिक और आर्थिक विकास का लाभ प्रदान करना है

बंधन नाम के इस समरोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित थे

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सार्यजनिक उपक्रमों से रक्षा उत्पादन से जुड़े सौ से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं कोरोना वायरस केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए संबंधित मंत्रालयों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉफ्रेंस की मंत्रालय ने कहा है कि स्वच्छता की कुछ आदतें इस वायरस के जोखिम को कम कर सकती है मंत्रालय ने लोगों से साबुन और पानी या एल्कोहल वाले घोल से बार बार हाथ धोने के लिए कहा है

मंत्रालय ने लोगों से जंगली और खेत के जानवरों से बचने को भी कहा है बंशीधर भगत टिहरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही पार्टी की नीति रीती से लोगों को अवगत कराएं

उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार में समन्वय बनाकर कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाया जाएगा मौसम राज्य के पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में सर्द हवा चलने से आज तापमान में गिरावट दर्ज की गई चमोली में सुबह से ही बादल छाए हुए थे दोपहर बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई यहां बदरीनाथ हेमक्ंड साहिब औली रुद्रनाथ रूपक्ंड और फूलों की घाटी सहित ऊंची हिमालयी चोटियों पर हिमपात हुआ बर्फबारी के चलते गोपेष्वर चोपता मोटर मार्ग भी बाधित हआ उधर बर्फबारी के चलते उत्तरकाषी में भटवाड़ी से आगे गंगोत्री नेषनल हाइवे पर आवाजाही रुक गई धरासूं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी राड़ी टॉप में भारी बर्फबारी के कारण बाधित हो गया टिहरी जिले के चंबा धनौल्टी नागटिब्बा चिरबटिया पवाली और कांठा में बर्फबारी हुई पौड़ी में भी अच्छी बर्फ गिरने की खबर है पुलिस विशेष अभियान प्रदेश में अपराध और अपराधियों के विरुद्व प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रचलित या रजिस्टर्ड गैंगों वांछित ईनामी और संगठित अपराधियों के विरूद्व गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने को लेकर पहली नवम्बर से तीन महीने तक विशेष अभियान चलाया गया